ब्रिक्स सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश पर जोर दिया है

उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन की थीम सदस्य देशों के आर्थिक विकास और बेहतर भविष्य के लिए पूरी तरह उपयुक्त है श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा समय में नवाचार विकास का आधार बन गया है वे आज तड़के स्वदेश के लिए रवाना हो गये हैं राफेल रक्षा मंत्रालय ने राफेल लडाकू विमान खरीद मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक पुनर्विचार याचिका खारिज किये जाने के फैसले का स्वागत किया है एक आधिकारिक बयान में मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस निर्णय से खरीद प्रक्रिया को लेकर हुई निंदा और संदेहों पर विराम लग गया है

वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहल गांधी ने एक बार फिर राफेल सौदे मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित किये जाने की मांग की है उन्होंने कहा है कि इस मामले में स्थिति साफ करने के लिए केन्द्र सरकार को यथाशीघ्र जेपीसी का गठन कर देना चाहिए गौरतलब है कि कल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में केन्द्र सरकार को क्लीनचिट देने के साथ ही इसके खिलाफ दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की दी थी नेहरू सेमीनार मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दूरदर्शी और राष्ट्र निर्माता नेता बताया

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू राष्ट्र का वैज्ञानिक विकास चाहते थे उनका मानना था कि एक शिक्षित राष्ट्र ही विकसित राष्ट्र बन सकता है उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने देश के सभी जातियों धर्मो और भाषा भाषी लोगों के बीच समरसता का माहौल पैदा किया कार्यकम में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भी अपने विचार प्रकट किये बाल दिवस राज्य के कुछ चुनिंदा स्कूलों में बाल युवा क्लब स्थापित किये जायेंगे यह घोषणा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के मौके पर की श्री नाथ ने कहा कि पंडित नेहरू बच्चों में संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के पक्षधर थे उन्होंने बच्चों में वैज्ञानिक रूचि पैदा करने वाली शिक्षा नीति बनाई थी बांस उत्पादन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश में बांस का उत्पादन बढ़ाकर लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं श्री नाथ ने कल भोपाल में एक बैठक में इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी और निजी भूमि पर बांस लगाये जाने की योजना बनाने के निर्देश दिये

भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिये

श्री रिजीजू ने कल भारतीय ओलपिंक संघ के अध्यक्ष नरेन्द्र बत्रा और महासचिव राजीव मेहता के साथ राष्ट्रमंडल खेल के प्रमुख लुईस मार्टिन और सीईओ डेविड ग्रेम्वेबर्ग से दिल्ली में मुलाकात की और इस मुद्दे पर चर्चा की वहीं मंगोलिया के उलान बटोर में खेले जा रही एशियाई युवा मुक्केबाजी चैम्पियनशिप के सेमिफायनल में भारत के चार खिलाड़ियों ने जगह बना ली है

जब्बार निधन भोपाल गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले और सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल जब्बार का कल दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया वे पिछले एक सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे

उनकी मृत्यु पर कई सामाजिक संगठनों ने शोक प्रकट किया है मौसम प्रदेश में तीन दिन बाद ठंड में और ईजाफा होने की संभावना है मौसम विभाग ने बताया कि राजस्थान में चकवात बनने के कारण प्रदेश में कहीं कहीं हल्के बादल छाये हुए हैं और दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही है इनमें परिवर्तन होने और हवा के उत्तरी होने के साथ ही प्रदेश के तापमान में गिरावट आना शुरू हो जायेगी

प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम आमतौर पर सामान्य रहा

श्री तोमर ने कल नईदिल्ली में कहा कि अनुसंधान का जोर लघु और सीमांत किसानों को लेकर होना चाहिए

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर एक श्रद्वांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा